प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर बटा हुआ विश्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मुख्य उद्देश्य को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसकी स्थापना ही हर तरह के आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हुई थी उन्होंने कहा कि शांति और सदभाव समय की जरूरत है वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिला के थानाकलां में प्रस्तावित गोकुल ग्राम का निर्माण जल्द आरंभ करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कंवर ने थानाकलां में एक बैठक में कहा कि गोकुल ग्राम का निर्माण पूरा होने से बेसहारा पशुओं की समस्या हल होगी कंवर ने कहा कि गोकुल ग्राम में गाय के गोबर और मूत्र पर आधारित प्रोजैक्ट भी लगाए जाएंगे

जल शक्ति अभियान जल शक्ति अभियान के तहत उना जिले में जल स्तर में सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यो की समीक्षा को लेकर कल उना में बैठक हुई केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियान के तहत निर्धारित किये गये लक्ष्यों की समीक्षा की और शेष लक्ष्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए उन्होंने केन्द्र सरकार के जल शक्ति अभियान को सफल बनाने में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की जरूरत बताई

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा

इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के यूट्यूब चौनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव पर अमर उजाला की सुर्खी है सुधीर का इंकार कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा आज दिव्य हिमाचल का शीर्षक है सुधीर शर्मा नहीं लड़ेंगे उपचुनाव स्वास्थ्य का हवाला देकर इलेक्शन लड़ने से इनकार धर्मशाला में फंसी कांग्रेस अजीत समाचार लिखता है धर्मशाला से टिकट के लिए सुधीर के इंकार से भाजपा व कांग्रेस में खलबली पंजाब केसरी की एक खबर है अरूण धूमल निर्विरोध बने एचपीसीए के अध्यक्ष दैनिक भास्कर का शीर्षक है अनुराग के छोटे भाई अरूण ध्रमल सर्वसम्मति से एचपीसीए अध्यक्ष बने अन्य सदस्य भी चुने गए दैनिक जागरण के शब्द हैं अरूण धूमल को मिली एचपीसीए की कमान पांच साल बाद पिता को मिलेगा युग का कंकाल शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है हाईकोर्ट ने चार साल के बच्चे के अवशेष सौंपने को कहा पंजाब केसरी की सुर्खी है युग के कंकाल को उसके पिता को सौंपने के दिए हाईकोर्ट ने आदेश

डीओ नोट से ट्रांसफर पर शिक्षा निदेशक को लताड़ शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है ज्वालामुखी से चंबा बदल दी थी पीजीटी अंग्रेजी अदालत ने रद्द किए आदेश मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश से फसलें तबाह भूस्खलन से सड़कें अवरूद्व